नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिये मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना कई गुना रोजगार बढ़ाने का काम कर रही है

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बांसवाड़ा जिले में विभिन्न कार्यकमों में शिरकत की मुख्यमंत्री र्न बांसवाड़ा में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा उनके समाधान के निर्देश दिए

श्रीमती राजे ने कुशलगढ को गुजरात से जोड़ने वाली सड़क को डबल लेन करने की घोषणा की

केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने आज बीकानेर में कृषि विज्ञान केंद्र का अवलोकन कर अधिकारियों के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह एक नई प्रक्रिया है इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों को जोडने का प्रयास किया जाएगा

इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार शामिल थे इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने असम से आए मीडियाकर्मियों को विधानसभा की प्रक्रिया और संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने दसवीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है

गौरतलब है कि अजमेर रीजन में राजस्थान सहित मध्यप्रदेश गुजरात और दादर तथा नागर हवेली के स्कूल शामिल हैं

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस और एसओजी उमेश मित्रा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई बैठक में शराब और नशीले पदार्थ अवैध हथियारों की तस्करी अंतरराज्यीय सीमा अपराध वाहन चोरी और वाहन तस्करी के बारे में चर्चा की गई बैठक में शामिल पुलिस अधिकारियों द्वारा इन गतिविधियों को रोके जाने के बारे में सुझाव साझा किए गए बैठक में पंजाब के उप महानिरीक्षक इंटेलीजेंस भटिंडा फाजिल्का मुक्तसर और फिरोजपुर के पुलिस अधीक्षक तथा हरियाणा के सिरसा भिवानी और हिसार के पुलिस अधीक्षक और प्रदेश के चूरू बीकानेर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ जिलों के पुलिस अघीक्षक भी उपस्थित थे

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि जयपुर सहित प्रदेशभर में पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं

शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भिड डे मील में अब दूध भी उपलब्य कराया जाएगा इस संबंध में उन्होंने जन प्रतिनिधियों को पत्र लिखा है उन्होंने बताया कि दो जुलाई को मुख्यमंत्री वसुधंरा राजे अन्नपूर्णा दूध योजना का शुभारम्भ करेंगी

भरतपुर जिले के सेवर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी में चढते समय ट्रेन से गिर जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी

करौली जिले की चार ग्राम पंचायतों खेड़िया डिकोली कलां खेड़ी और खेड़ी हेवत में आज न्याय आपके द्वार शिविर आयोजित किए गए जिनमें राजस्व मामलों को निपटाया गया बीकानेर जिले के खारा औद्योगिक क्षेत्र में आज निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार ढह जाने से एक युवती की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गए

नागौर जिले के शंखवास गांव के पटवारी सूर्यप्रकाश को आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया

प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है दोपहर होते होते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा